मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र अब से कुछ देर बाद शिमला में इस सेवा का शुभारम्भ करेंगे लोग अपनी शिकायत सुबह सात बजे से सायं दस बजे के बीच इस हेल्पलाईन सेवा में टोल फ्री नंबर एक एक शून्य शून्य पर दर्ज करवा सकते हैं प्राप्त शिकायत को समाधान के लिये कॉल सेंटर से सम्बंधित विभाग को भेजा जाएगा सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय में इन शिकायत का निपटारा किया जाएगा मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रमिण्डल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी सुत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व पद सुजित करने का निर्णय लिया जा सकता है इसके अलावा सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर भी कोई निर्णय ले सकती है बैठक में ग्लोबल इंवेस्टर मीटर की तैयारियों सहित इससे जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है जीएसटी जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बड़ियों को रोकना है फिट इंडिया फिट इंडिया अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है अभियान की इसी कड़ी में कुल्लू में युवा योगाभ्यास के साथ साथ विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं ज़िला मुख्यालय के मोहल में कल एक गैर सरकारी संस्था ने योग शिविर का आयोजन किया जिसमें युवाओं व अन्य लोगों को योग की विभिन्न क्रियाओं की जानकारी दी गई

तीन मैचों की शृंखला का दूसरा मैच बुधवार को मोहाली में खेला जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर जन्म आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पत्र बम पर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण का शीर्षक है पीठ में छुरा न घोंपे सुबूत लाएं झूठ की बुनियाद पर वार करना सही नहीं दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है बदनाम करने वालों को बख्शेंगे नहीं खोद कर निकालेंगे आपका फैसला लिखता है सीएम बोले षड्यंत्राकारियों को जमीन से खोदकर निकालेंगे बाहर आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा

दिव्य हिमाचल लिखता है खेल प्रेमियों से खेल कर गई बरसात धर्मशाला स्टेडियम में बारिश के कारण पहली बार रद्द हुआ मैच

प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज रोजगार समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर दैनिक भास्कर की खबर है पंजाब केसरी का शीर्षक है विधानसभा उपचुनाव घोषणा से पहले मंत्रिमण्डल बैठक आज नई इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर निर्णय ले सकती है सरकार जबकि अमर उजाला लिखता है कैबिनेट बैठक आज लेंगे कई फैसले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है बिगड़ती अर्थव्यवस्था व निजी क्षेत्र में लोगों की छंटनी दुर्भाग्यपूर्ण टैक्सटाइल व ऑटोमोबाइल बर्बादी के कगार पर